सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन फंसे लोगों को भेजने और बुलाने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने व मानक प्रक्रिया विकसित करने को कहा गया है इन लोगों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जायेगा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 हिमाचल प्रदेश कोविड प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि वे अपनी औद्योगिक इकाइयों को सुचारू रूप से चला सकें इन इकाइयों को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है ताकि तैयार माल बाजार में पहुंच सके सिरमौर जिले में काला अम्ब के इस्पात उद्योग के उद्योगपतियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने उद्योगपतियों से अपनी अपनी औद्योगिक इकाईयों में सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की है

बीच सेमेस्टर के छात्रों का मौजूदा और पिछले आंतरिक आंकलन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा

टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं भी जुलाई में होंगी

शिक्षा प्रबंध राज्य सरकार द्वारा कर्फ्यू के दौरान बच्चों की पढ़ाई को सुचारू बनाने के लिये कई कदम उठाए जा रहे हैं समय दस से बारह वाला हर घर बने पाठशाला जैसे नए कार्यक्रम तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यमों से बच्चों को घर बैठे ही पढ़ाई करवाई जा रही है हमीरपुर जिले में यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और सभी सरकारी पाठशालाओं को इसके तहत जोड़ा गया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक़्र के बयान को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण का शीर्षक है बेफिक्र रहें उद्योगपति मिलेगा कच्चा माल दैनिक सवेरा टाइम्स और आपका फैसला ने एक जैसी सुर्खी दी है कच्चे माल और तैयार उत्पाद की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही सरकार लॉकडाउन में लुट रहा हिमाचल शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है प्रदेश की आमदनी के सारे साधन बंद खजाने पर खड़ा हुआ संकट अमर उजाला की एक खबर है कोरोना को पांच मई तक मात देने की तैयारी में हिमाचल जबकि पंजाब कसरी ने लिखा है हिमाचल में तीन पॉजिटिव मरीजों की प्रारंभिक रिपोर्ट नेगेटिव अब सात ही पॉजिटिव मरीज दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल के दो और मरीज नेगेटिव आपका फैसला ने लिखा है अब नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी प्लाज्मा से होगा कोरोना का उपचार जबकि अमर उजाला का शीर्षक है आईसीएमआर का प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिये नेरचौक मेडिकल कॉलेज को निमंत्रण पंजाब केसरी ने लिखा है हिमाचल में पास बनाने पर अस्थाई रोक सरकार ने सर्वर डाउन होने का दिया हवाला